मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया इस दौरान कोरोना संकमण की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की गई

ये कार्यक्रम केवल वर्चुअल माध्यम से कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार किए जा सकेंगे मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि लोगों को कोई भी सामाजिक समारोह आयोजित करने के लिए अब संबंधित क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा स्थापना दिवस राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज वर्चुअल माध्यम से सोलन ज़िले के बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की अपने संबोधन में उन्होंने शोधकर्ताओं से अपने शोध में बदलते मौसम के अनुसार बदलाव लाने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि बागवानी विश्वविद्यालय ने तीन दशकों से अधिक समय में बागवानी व वानिकी शिक्षा के अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाई है जिसके परिणामस्वरूप नई कृषि तकनीक लाखों किसानों के खेतों तक पहुंची है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वैज्ञानिकों से शोध कार्य को खेतों तक पहुंचाने का आहबान किया उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को आधूनिक किस्में व तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है ऑक्सीजन प्लांट कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार शिमला शहर में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में एक बैठक में बताया कि इसकी स्थापना से अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग पूरा करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समय समय पर कई ज़रूरी कदम उठाए हैं भारद्वाज ने प्रशासन और जन प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए मारकंडा तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति जिले के लोबर में आज राजकीय प्राथमिक पाठशाला और महिला मंडल भवन का उद्घाटन किया

उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम और अध्यापकों की ज्यादा है ऐसे स्कूलों से अध्यापकों को दूसरी जगह समायोजित किया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं उद्योग मंत्री ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और ये कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए

इनमें मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल है मंत्रालय की मानक संचालक प्रक्रिया में कहा गया है कि कोविड नियंत्रण क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है तो वहां बाजार बंद करा दिए जाएं खाने पीने की वस्तुएं और अन्य घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर आपूर्ति कराने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है विश्व एडस दिवस आज विश्व एड्स दिवस है एड्स को लेकर जागरुकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है इस वर्ष के एडस दिवस का विषय है उन्नत और कारगर ढंग से एचआईवी एडस महामारी का समापन यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस के साथ रह रहे लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है इस अवसर पर सोलन ज़िला अस्पताल में लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया गया जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी ने कहा कि लोग अब जागरूक है और एडस की जांच करवाने की स्वयं पहल कर रहे हैं

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने धर्मशाला में बताया कि कोरोना संकट के चलते ये निर्णय लिया गया है